उन्होंने कहा कि इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है आज दनिया के सबसे बडे इस कार्यक्रम का वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए श्भार्भ करते हए उन्होंने कहा कि कोरोना टीका पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा जो हमारे डाक्टर्स हैं नर्सिस हैं अस्पताल में सफाई कर्मी हैं मेडिकल पेरामैडिकल स्टॉफ हैं वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में समी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की ख्वा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में तीन करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में तीस करोड़ लोगों को टीके लगाए जाएंगे प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में लगे वैज्ञानिकों की सराहना की उन्होंने कहा कि इतने कम समय में देश में दो टीके तैयार करना गर्व की बात है श्री मोदी ने कहा कि टीके की दो खुराक देना जरूरी है और इन दोनों के बीच लगभग एक महीने का अंतर होना चाहिए टीके की दूसरी खुराक के दो सप्ताह बाद प्रतिरक्षक क्षमता विकसित हो जाएगी

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पहली खुराक लेने के बाद मास्क का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दुरी बनाये रखने में लापरवाही न बरतें प्रदेश के सभी पचहत्तर जिलों में कोविड के टीके लगाये गये हमारे संवाददाता ने बताया कि आज प्रदेश के तीन सौ ग्यारह केन्द्रों पर इकतीस हजार सात सौ लोगों को टीके लगाये गयें उन्होने बताया कि आज सबसे पहले डॉक्टरों जिला चिकित्सा अधीक्षकों मुख्य चिकित्साधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाये गये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय में टीकाकरण कार्यक्रम का अवलोकन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण अभियान के माध्यम से इस महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सकेगा उन्होंने कोरोना वैक्सीन के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और देश के वैज्ञानिकों के प्रति आभार जताया उन्होंने कहा कि इतने कम समय में देश की जनता की रक्षा के लिये दो कोविड वैक्सीन तैयार कर पाना प्रधानमंत्री के नेतत्व में ही सम्भव था मृख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के इस प्रथम चरण से देश और प्रदेश को नई दिशा मिलेगी उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप प्राथमिकता के अनुसार टीकाकरण किया जायेगा श्री योगी ने कहा कि कोविड नियंत्रण में मीडिया ने सकारात्मक भूमिका निभाई है उन्होंने मीडिया का आहवान करते हये कहा कि वह कोरोना टीके के सम्बन्ध में फैलाई जा रही अफवाहों को रोकने के लिये काम करे देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढकर छानवे दशमलव पांच छह प्रतिशत हो गई है कल सोलह हजार नौ सौ सतहत्तर मरीज ठीक हए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या एक करोड़ एक लाख उन्यासी हजार से अधिक हो गई है मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना से होने वाली मृत्यू दर एक दशमलव चार चार प्रतिशत है जो वैश्विक स्तर पर बहत कम है देश में मरने वालों की संख्या एक लाख बावन हजार तिरानवे हो गई है भारतीय चिकित्सा अनुसंघान परिषद के अनुसार कोरोना जांच की क्ल संख्या अट्ठारह करोड़ सत्तावन लाख तक पहंच गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार कामगारों और श्रमिकों के हितों के प्रति वेहद संवेदनशील है उन्होंने प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि कामगारों और श्रमिको को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से लाभान्वित किया जाय मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में श्रमिकों और कामगारों के हित में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने बताया कि कामगारों और श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग गठित किया गया है उन्होंने आयोग की संस्तृतियों एवं निर्णयों के क्रियान्वयन की जनपद तथा मण्डल स्तर पर नियंमित रूप से साप्ताहिक और पाक्षिक समीक्षा करने के निर्देश दिये